प्रदेश में मौसमी बीमारियों की रोकथाम और बचाव के लिए किए जाएंगे पुख्ता इंतजाम स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश मुख्यमंत्री राजनांदगांव मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि राज्य शासन के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के अट्ठारह महीने के बकाया एरियर्स राशि का भुगतान छह किश्तों में किया जाएगा मुख्यमंत्री ने आज राजनांदगांव में संचार क्रांति योजना के तहत मोबाइल फोन के वितरण समारोह में इसकी घोषणा की उन्होंने कहा कि राज्य के कर्मचारियों को एक जनवरी दो हजार सोलह से सातवें वेतनमान का लाभ देकर एक जुलाई दो हजार सत्रह से इसका नगद भूगतान किया जा रहा है एक जनवरी दो हजार सोलह से जून दो हजार सत्रह तक यानी अट्ठारह महीने के बकाया एरियर्स करीब तैंतीस सौ करोड़ रूपये की राशि का भुगतान अब छह किश्तों में करने का निर्णय लिया गया है पहली किश्त का भुगतान वर्ष दो हजार अट्ठारह उन्नीस में किया जाएगा मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के पंद्रह हजार गांवों तक केबल बिछाकर इंटरनेट कनेक्टिविटी का काम भी किया जाएगा राजनांदगांव जिले में एक लाख इकयासी हजार लोगों को तीन महीने के भीतर स्मार्ट फोन बांटे जाएंगे उन्होंने कहा कि प्रदेश में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सड़कों का जाल बिछाने और बिजली पहुंचाने का काम किया जा रहा है इसके पहले मुख्यमंत्री ने दिव्यांग आवासीय विद्यालय सामर्थ्य के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया साथ ही राजनांदगांव में बफार्नी आश्रम में प्रजापिता ब्रम्हकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित राज योग ट्रेनिंग सेंटर और आवासीय शिविर स्थल के भूमिपूजन कार्यक्रम में भी शामिल हुए प्लास्टिक कचरा प्रदेश में प्लास्टिक कचरे का उपयोग अब सीमेंट फैक्ट्रियों में को प्रोसेसिंग के लिए किया जाएगा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा आज रायपुर में आयोजित नगरीय निकायों के अधिकारियों और सीमेंट उद्योगों के प्रतिनिधियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के सदस्य सचिव संजय शुक्ला ने बताया कि नगरीय प्रशासन विभाग के संचालक द्वारा प्रदेश के एक सौ पैंसठ नगरीय निकायों से उत्पन्न प्लास्टिक कचरे की मात्रा परिवहन और किस सीमेंट फैक्ट्री को कितनी कितनी मात्रा में उपलब्ध कराया जाएगा इसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी सीमेंट फैक्ट्री को प्लास्टिक कचरा उपलब्ध कराने के संबंध में एक एसओपी संबंधित स्टेक होल्डर से चर्चा कर तैयार किया जाएगा और इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी श्री शुक्ला ने बताया कि प्लास्टिक कचरे का सीमेंट फैक्ट्रियों में उपयोग किए जाने से प्रदूषण पर नियंत्रण हो सकेगा मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिलासपुर और सरगुजा संभागों के जिला कलेक्टरों से बातचीत कर विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की मुख्यमंत्री ने बैठक में कलेक्टरों से कहा कि कॉल सेंटर के जरिए सरकार को मिले फीडबैक का उपयोग कर संबंधित क्षेत्रों में योजनाओं के बेहतर क्रियान्यवन पर विशेष ध्यान दें मुख्यमंत्री ने मनरेगा के तहत मजदूरी भूगतान की राशि मजद्रों के खाते में जमा होने के बाद गांवों में मुनादी कराकर उसकी जानकारी देने के साथ ही ग्राम पंचायतों के सूचना पटल पर भी इसकी जानकारी प्रदर्शित करने के निर्देश दिए राहुल गांधी छत्तीसगढ़ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आगामी दस अगस्त को छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे इस दौरान वे प्रदेश कांग्रेस के रायपुर में नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करेंगे दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल ने श्री गांधी से मुलाकात कर उन्हें छत्तीसगढ़ आने का न्योता दिया जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया पार्टी सूत्रों के मुताबिक श्री गांधी छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की भी समीक्षा करेंगे जीएसटी मित्र वस्तु और सेवा कर जीएसटी से संबंधित रिटर्न दाखिल करने में अब जीएसटी मित्र मदद करेंगे राज्य कर आयुक्त द्वारा प्रदेश में लगभग डेढ़ सौ जीएसटी मित्र बनाए गए हैं बीकॉम अथवा एमकॉम तक पढ़े बेरोजगार युवाओं को विभाग द्वारा बाकायदा प्रशिक्षित किया गया है विभाग की शासकीय वेबसाईट में जीएसटी मित्र के नाम से बनाए गए लिंक से जिलेवार इसकी जानकारी ली जा सकती है राज्य कर आयुक्त मुख्यालय की संयुक्त आयुक्त निमिषा झा ने बताया कि विवरणी प्रस्तुत करने में व्यापारियों को होने वाली परेशानियों के निराकरण के लिए जीएसटी मित्र बनाए गए हैं राजधानी रायपुर और संभागीय मुख्यालयों में चयनित जीएसटी मित्रों को प्रशिक्षण दिया गया है ये जीएसटी मित्र स्वतंत्र रूप से काम करेंगे

जिले की चिट्ठी का यह कार्यक्रम आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा प्रसारित किया जाएगा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 इस बार के अंक में नारायणपुर जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी अजय चंद्राकर समीक्षा स्वास्थ्य मंत्री अजय चन्द्राकर ने मौसमी बीमारियों की रोकथाम और उससे बचाव के पुख्ता इंतजाम के साथ ही अस्पतालों में आवश्यक दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं श्री चन्द्राकर ने आज रायपुर में विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों सहित राज्य में मलेरिया डेंगू जापानीज इन्सेफेलाइटिस चिरायू योजना टीकाकरण कार्यक्रम टीबी नियंत्रण आदि की स्थिति की समीक्षा की बैठक में उन्होंने छत्तीसगढ़ को टीबी मुक्त राज्य बनाने के लिए सुनियोजित कार्ययोजना तैयार कर बेहतर क्रियान्वयन के निर्देश दिए अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में मर्लेरिया डेंगू जापानीज इन्सेफेलाइटिस से बचाव के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा हैं टीबी नियंत्रण के लिए पीड़ित मरीजों को नियमित दवाई और पोषण आहार प्रदान किया जा रहा है डेंगू के त्वरित निदान के लिए आइजीएम एलिसा किट की सुविधा तथा जापानीज इन्सेफेलाइटिस के पुष्टि के लिए मेंडिकल कॉलेज जगदलपुर को सेटिनल सर्विलेंस चिकित्सालय के रूप में चिन्हाकिंत किया गया है विशेष अस्पताल सुविधा प्रदेश के सभी जिला अस्पताल परिसरों में माताओं और बच्चों की सेहत की बेहतर देखभाल के लिए अब विशेष अस्पतालों का निर्माण किया जा रहा है इनमें कृल बाईस सौ पचास बिस्तरों की सुविधा रहेगा स्वास्थ्य मंत्री अजय चन्द्राकर ने बताया कि प्रदेश के दस जिलों में सौ बिस्तरों वाले और सत्रह जिलों में पचास बिस्तरों वाले मात शिश् स्वास्थ्य विंग की स्थापना की जा रही है वर्तमान में सात जिलों में सौ बिस्तरों वाले और ग्यारह जिलों में पचास बिस्तरों वाले मात शिश् स्वास्थ्य विंग के भवनों का निर्माण पूरा हो चुका है

इस योजना के तहत किसानों को उनके खेतों में सिंचाई के लिए सस्ती दर पर सोलर पंप की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है इससे किसान अपने खेतों तक भरपूर पानी पहुंचा रहे हैं वहीं दो फसल लेने से उनकी आमदनी भी बढ़ी है राजनादगांव जिले के पांडुका के किसानो को अब न बिजली बिल का झंझट न ही पावर कट की परेशानी और तो और जिन इलाकों के खेतो तक बिजली लाइन नहीं पहुंची उन इलाकों में प्रधानमंत्री सौर सुजला योजना के तहत सिंचाई की व्यवस्था गई है पहले किसानों को असिंचित जमीन होने और अच्छी बारिश न होने की स्थिति में मजदूरी के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ता था लेकिन किसान अब अपने खेतों में सोलर सिस्टम लगाकर अपनी आय दोगुनी कर समृध्दि की राह मे चल पड़े हैं पांडुका के किसान डोमन राम और संतोष निषाद का कहना है कि असिंचित जमीन होने के कारण पहले बारिश के भरोसे खेती किसानी करनी पड़ती थी अब सौर सुजला से उनके खेतों में सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था हो गई है और इससे उनकी आमदनी भी बढ़ी है केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से जहां किसानों के खेतों में सिंचाई की व्यवस्था हई है वहीं उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई है स्मिता शर्मा न्यूज डेस्क आकाशवाणी समाचार रायपुर प्लाईवुड उद्योग प्रदेश में प्लाईवुड उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विस्तृत कार्ययोजना बनाई जाएगी इसके आधार पर राज्य के उपयुक्त स्थानों में प्लाईवुड उद्योग स्थापित किए जाएंगे मुख्य सचिव अजय सिंह ने प्लाईवुड उद्योग की संभावनाओं पर आयोजित बैठक में उद्योग वन और कृषि विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में जरूरी निर्देश दिए बैठक में प्लाईवुड उद्योग की स्थापना के लिए जरूरी कच्चा माल उद्योग से होने वाले प्रद्षण उद्योग में बिजली की खपत उद्योग से मिलने वाले रोजगार उत्पादन की नियमितता और अन्य तकनीकी विषयों पर चर्चा की गई बैठक में राज्य की उद्योग नीति में किए गए प्रावधानों और सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दी गई अजजा आयोग सुनवाई छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग रायपुर में आवेदनों और शिकायतों की सुनवाई अब केवल नौ अगस्त को ही स्थगित रहेगी बाकी दिनों में आयोग की सुनवाई निरंतर चलती रहेगी उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा विश्व आदिवासी दिवस समारोह की तैयारियों के चलते दस अगस्त तक सुनवाई स्थगित करने का आदेश जारी किया गया था